राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना पर चार हजार तीन सौ करोड़ रूपये की आयेगी लागत

वेतन भुगतान पर लगाई गयी रोक बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट कोविड उन्नीस टीकाकरण को लेकर कल बिहार सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में देशव्यापी पूर्वाभ्यास किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से प्रत्येक जिले में वैक्सीन के वितरण के लिए कृशल योजना और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा पूर्वाभ्यास में योजना और कार्यान्वयन के बीच तालमेल की जांच होगी तथा होने वाली समस्याओं का भी पता चलेगा इसके साथ ही कोविड टीकाकरण को लेकर बनाये गये को विन ऐप की बाधा रहित संचालन की भी जांच होगी राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि हर जिले में तीन केन्द्रों पर पूर्वाभ्यास का आयोजन होगा इस कार्यक्रम में निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर कर्मचारियों के अलावा लाभार्थियों के रूप में कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समूह शामिल होंगे पूर्वाभ्यास में प्रत्येक केंद्र पर पच्चीस लाभार्थियों की जांच होगी गौरतलब है कि दो जनवरी को पटना के साथ साथ बेतिया और जमुई में भी टीके का ड्राई रन हुआ था इधर राज्य स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में टीकाकरण को लेकर पटना में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया इसमें सभी जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुये कार्यक्रम के दौरान टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं की प्रतिभागियों को जानकारियां दी गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केन्द्र सरकार से कोविड टीका मिलने के साथ ही राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जायेगा पटना के एनएमसीएच में कोविड टीका के रख रखाव की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि टीके के रख रखाव और कोल्ड चेन की ऑनलाइन निगरानी की जायेगी

सभी जिला मुख्यलयों को इसकी आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने देश में स्वीकृत कोविड के दो टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सुरक्षा मानकों के अनुरूप बताया है दिल्ली को सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव आठ एक प्रतिशत हो गई है एक दिन में चार सौ चौबीस मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख उनचास हजार पांच सौ बीस हो गई है वहीं इसी अवधि में चार सौ आठ नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख पचपन हजार संतानवे हो गया है एक दिन में ही पांच लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ बीस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार एक सौ छप्पन है इधर देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद बिहार में सतर्कता के लिये पशुपालन निदेशालय ने विशेष कोषांग का गठन किया है मुर्गी सहित अन्य पक्षियों की मौत या बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर लोगों को इसकी सूचना कोषांग के द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो तीन शून्य नौ चार दो पर देने की अपील की गई है रेलवे ने कोविडकाल के दौरान नियमित ट्रेनों के लिये जारी आरक्षित टिकटों की वापसी की समयसीमा इकतीस मार्च तक बढ़ा दी है पहले यह तिथि इकतीस दिसंबर तक निर्धारित थी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नियमित ट्रेनों के लिये इक्कीस मार्च से इकतीस जुलाई दो हजार बीस तक के लिये बुक कराई गयी टिकटों का पूरा रिफंड किया जायेगा केन्द्र सरकार ने बिहार में सात सौ पैंसठ किलोवाट के विद्युत सुपर ग्रिड के निर्माण को मंजूरी दे दी है कटिहार से बांग्लादेश के पारिबोतीपुर तक बनने वाले इस ग्रिड की लंबाई एक सौ सतहत्तर किलोमीटर होगी बिहार में यह एक सौ सत्ताईस किलोमीटर लंबी होगी जबकि बांग्लादेश में इसकी लंबाई पचास किलोमीटर होगी ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि इसके निर्माण पर चार हजार तीन सौ करोड़ रूपये की लागत आयेगी यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है श्री यादव ने बताया कि इस योजना के पूरा हो जाने से लगभग डेढ़ हजार मेगावाट बिजली मिलेगी और उत्तर बिहार के साथ साथ राजधानी पटना को भी इसका लाभ मिलेगा बिहार का यह तीसरा सुपर ग्रिड होगा गया और रोहतास में भी दो सुपर ग्रिड हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय में विद्यूत शवदाह गृह बनाये जायेंगे श्री प्रसाद नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नदियों के किनारे बसे शहरों में भी विद्युत शवदाह गृह बनवाये जायेंगे उप मुख्यमंत्री ने जिन नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण नहीं हुआ है वहां इसका जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का अधिकारियों को निर्देश दिया शिक्षा विभाग ने पटना जिले के बत्तीस मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की पीजी की डिग्री को फर्जी पाते हये उनके वेतन भूगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सेवानिवृत हो चूके शिक्षकों से वेतन की राशि वसूली जायेगी साथ ही अमान्य डिग्री पर प्रोन्नति पाने वाले शिक्षकों को अपनी पदस्थापना के पहले वाले स्थान पर भेज दिया जायेगा

सीबीएसई पटना के समन्वयक राजीव रंजन ने ये जानकारी दी है उन्होंने बताया कि पहली प्री बोर्ड परीक्षा जनवरी और दूसरी मार्च में आयोजित होगी श्री रंजन ने बताया कि कुछ विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सका है जिस कारण मार्च में भी प्री बोर्ड आयोजित करने का फैसला किया गया है बिहार पुलिस के पांच कर्मियों को असाधारण आसूचना कुशलता पदक से सम्मानित किया गया है इनमें दो अधिकारी और तीन जवान शामिल हैं केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और तकनीकी आधार पर आसूचना संकलन के लिये यह पदक दिया जाता है जिन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है उनमें वैशाली में पदस्थापित इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार सब इंस्पेक्टर विनीत जूनियर कमांडो रतन कुमार और सुनील प्रसाद तथा जमुई में तैनात सिपाही सोनू कुमार सिंह शामिल हैं प्रदेशभर में नमीयूक्त पूरबा हवा चलने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार अगले चौबीस घंटों तक मौसम के रूख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा कल से रात के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने का पूर्वानूमान है मकर संक्रांति के दौरान शीतलहर चलने की भी आशंका जतायी गई है जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में पंद्रह से सत्रह जनवरी तक पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस महोत्सव को कलरव नाम दिया गया है उन्होंने बताया कि उत्सव के दौरान पक्षी विशेषज्ञ लोगों को विभिन्न जानकारियां देंगे नालंदा विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैम्पस के लिये राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है केन्द्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय परिसर को यह सम्मान इको फ्रेंडली परिसर के लिये फाइव स्टार रेटिंग के साथ मिला है प्रदेश के खुदरा बालू और पत्थर व्यापारियों के लिये ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है खनन और भूतत्व विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने इस सेवा का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के शुरू हो जाने से अब कारोबार के लिये तत्काल मिलेगा बोधगया के महाबोधि मंदिर रिथत बोधिवृक्ष पूरी तरह स्वस्थ है देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जांच में वृक्ष को पूरी तरह स्वस्थ घोषित किया है वैज्ञानिकों ने बोधिव्रक्ष को कीट पतंगों से बचाने के लिये विभिन्न रसायनों का छिड़काव भी किया पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत परेव पुल के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से दो सौ संतानवे कार्टन शराब बरामद की है बरामद शराब का मूल्य तीस लाख रूपये बताया जाता है गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंजारी मोहल्ले में अपराधियों ने एक होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी हत्या से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की और प्रदर्शन किया बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंग्लिश मोड़ के पास एक पुलिस वाहन और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक सिपाही की मौत हो गई मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर से पुलिस ने कुख्यात नक्सली जय किशुन भगत को गिरफ्तार किया है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

हिन्दुस्तान ने लिखा है कोरोना टीका को लेकर सभी जिलों में तीन स्थानों पर ड्राई रन कल दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है हरेक को लगेगा कोरोना टीका दैनिक भास्कर ने लिखा है जीतन राम मांझी ने कहा एक और मंत्री पद और विधान पार्षद चाहिये प्रभात खबर की सुर्खी है अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई दैनिक आज ने लिखा है लव जिहाद रोकने के लिये कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय सहारा ने किसानों के आंदोलन से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है चालीस दिनों से चल रहे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना पर चार हजार तीन सौ करोड़ रूपये की आयेगी लागत

वेतन भुगतान पर लगाई गयी रोक